प्रदेश मंत्रिमंडल की कल शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया

पत्तल थर्मोकॉल व प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगने के बाद सिरमौर जिले में पत्तों से पत्तल और डोना बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं उपायुक्त ललित जैन ने नाहन में पत्तल व डोना बनाने के लिए महिलामंडलों के लिए आयोजित एक शिविर में बताया कि पत्तों से बनी वस्तुएं थर्मोकॉल व प्लास्टिक की वस्तुओं के विकल्प के रूप में इस्तेमाल की जाएंगी

शूलिनी सेवा समिति के प्रधान ने बताया कि राज्य स्तरीय शूलिनी मेले में इस बार एक नया इतिहास जुड़ने जा रहा है क्योंकि मेले के दौरान माता शूलिनी के नाम से सिक्का जारी किया जाएगा

हादसा सिरमौर जिले के पांवटा साहिब इलाके के बनोर में कल देर शाम एक ट्रक के अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई है हमारे नाहन प्रतिनिधि ने बताया कि एक व्यक्ति ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया जबकि दो की मौत पावंटा साहिब अस्पताल में हुई हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक सुखराम चौघरी भी अस्पताल पहुंचे पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने प्रदेश मंत्रिमंडल के फैसले से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

दैनिक जागरण के शब्द हैं बाहरी यात्री वाहनों का शुल्क बढ़ा

हिमाचल दस्तक का शीर्षक है बाहरी गाड़ियों का टैक्स बढ़ा और जलवाहकों का मानदेय

दैनिक सवेरा टाइम्स और आपका फैसला के एक जैसे शब्द हैं अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय बढ़ा

अमर उजाला की एक खबर है हिमाचल में सौ से ज्यादा प्राथमिक स्कूल होंगे बंद प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश से जुड़ी खबर पर दैनिक जागरण की सुर्खी है अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी नहीं कर पाएगी खनन जबकि पंजाब केसरी ने लिखा है हाईकोर्ट ने लगाई अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के खनन पर रोक पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय में बनेगा संयोजित आहार खंड शीर्षक से दैनिक सेवरा टाइम्स लिखता है केंद्र के समक्ष रखा जाएगा उत्तम नस्ल के मेड़े व भेड़ प्रदान करने का प्रस्ताव इटली से मंगवाए सेब के पौधों में वायरस सीआईडी की रिपोर्ट में खुलासा पूर्व सरकार पर शिकंजे की तैयारी दिव्य हिमाचल की एक खबर है

अमर उजाला ने खबर दी है सुक्खू दिल्ली गए वीरभद्र खेमे ने धर्मशाला में बुलाया सम्मेलन जबकि अजीत समाचार ने लिखा है कांग्रेस की हिमाचल प्रभारी वापिस दिल्ली लौंटीं पार्टी हाईकमान को सौंपेगी रिपोर्ट एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय हम हैं जिम्मेदार में ग्लोबल वार्भिंग के दुष्प्रभावों को गंभीर चुनौती बताते हुए इसे रोकने के लिए सामुहिक प्रयासों पर बल दिया है दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय जहां कोशिशें ही बुलंदी हैं में लिखा है कि हिमाचल मंत्रिमंडल की क्षमता का मूल्यांकन हर मंत्री के विजन पर निर्भर करता है क्योंकि लीक से हटकर ही कामयाबी का सेहरा सजता है